मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भतीजी कोरोना पॉजिटिव पायी गयी

मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग को हाई अलर्ट पर रहने को कहा

प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं पिछले चौबीस घंटो में तीन सौ पचासी व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर बारह हजार पांच सौ पच्चीस हो गयी है इनमें से अब तक नौ हजार तीन सौ अड़तीस लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं प्रदेश में स्वस्थ होने की दर चौहत्तर दशमलव पांच पांच प्रतिशत हो गयी है कल सबसे अधिक छप्पन कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की पहचान पटना जिले में हुई है वहीं मुंगेर से तीस गया से उनतीस भागलपुर से छब्बीस मध्रबनी से पच्चीस कटिहार से चौबीस और सुपौल जिले से इक्कीस नये मामले सामने आये हैं संक्रमित व्यक्तियों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भतीजी पॉजिटिव पायी गयी हैं मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े साठ कर्मचारियों में भी कोरोना की पूष्टि हुई है दो विधायक भी संक्रमित पाये गये हैं इधर विधान पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले पचास लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है पटना नगर निगम की मेयर के पुत्र और एक निगम पार्षद भी कोरोना पॉजिटिव हुये हैं इस वैश्विक महामारी से अब तक राज्य में अंठानवे लोगों की मौत हो चूकी है इधर कोरोना संक्रमण को देखते हये राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को स्थानीय जरूरत के अनुसार प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया है वहीं कोरोना के बिना लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने की अनुमति दी गयी है इधर भागलपुर जिला प्रशासन ने कल से जिले के अत्यधिक संक्रमण वाले चिन्हित शहरी क्षेत्रों में पांच दिनों तक लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है शहरी क्षेत्र में तीन किलोमीटर के दायरे में पूर्ण रूप से आवाजाही पर पाबंदी रहेगी इस दौरान दो पहिया और चार पहिया वाहन नहीं चलेंगे लेकिन आवश्यक सेवाएं जारी रहेगी नई दिल्ली के सीताराम भरतिया विज्ञान और अनुसंधान संस्थान में वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर अमरचन्द बजाज ने सुरक्षित दूरी के महत्व पर बल दिया बाईट जब तक हमारे पास उनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेडिसिन के रूप में न निकले तब तक हमें प्रीक्योशनरी मेजर है वो फोलो करने है

कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है और जब निकलना भी पड़े घर से बाहर तो कोशिश करे तो जहां आप दो लोग खड़े है करीब दो मीटर दूर खड़े रहे नहीं तो कम से कम एक मीटर दूर खड़े रहे दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने कहा कि कोविड उन्नीस के बहुत कम रोगियों को अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता होती है बाईट अस्सी प्रतिशत में तो ऐसे भी तकलीफ नहीं करते हैं या इतनी हल्की करते हैं कि लोग घर पर ही ठीक हो जाते हैं दस पन्द्रह परसेंट में उनको अस्पताल जाकर कुछ दवाई दी जाती है और वो सही हो जाते हैं पांच परसेंट या उससे कम वाले है जो कि दाखिल होना पड़ता है कोरोना की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने सभी जिला प्रशासन को मास्क खरीदने के लिए तीन करोड़ रूपये स्वीकृत किये हैं जिलों में जीविका समूह और अन्य सहायता समूहों से मास्क की खरीद की जायेगी ये मास्क आम जनता के बीच बांटे जायेंगे इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क नहीं पहनने वालों को खिलाफ लगातार सख्ती बढ़ायी जा रही है पिछले चौबीस घंटों के दौरान मास्क नहीं पहनने के मामलों में दो हजार से अधिक व्यक्तियों से एक लाख अठारह हजार रूपये जुर्माने के रूप में वसूले गये सूचना और जनसम्पर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि लोगों को मास्क पहनने के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है खगड़िया के जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने कोरोन जांच को लेकर गोगरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में लापरवाही की शिकायत की जांच के निर्देश दिये हैं उन्होंने सिविल सर्जन को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगने को कहा है मुजफ्फरपुर जिले में कोरोना पॉजिटिव मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुये शहरी क्षेत्र में चार कनटेनमेंट जोन बनाये गये हैं जिला प्रशासन ने इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से अधिक सतर्कता बरतने की अपील की है पूर्वी चम्पारण जिला मुख्यालय मोतिहारी में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुये सदर एसडीओ प्रीयरंजन राजू ने जिलाधिकारी को एक सप्ताह का लॉकडाउन लगाने का परामर्श दिया है बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र तीन अगस्त से शुरू होगा विधानसभा के उपसचिव राजीव कुमार ने बताया कि सत्र के पहले दिन प्रथम अनुप्रक बजट पेश किया जायेगा छह अगस्त तक चलने वाले इस सत्र के दौरान चार बैठकें आयोजित होंगी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कोविड उन्नीस लॉकडाउन के कारण पढ़ाई की हुई क्षति की पूर्ति के लिए नौवीं से बारहवीं तक की कक्षा के पाठ्यक्रम में तीस प्रतिशत तक की कटौती की है मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि मूल संदर्भ को बनाए रखते हुए शैक्षणिक सत्र दो हजार बीस इक्कीस के पाठ्यक्रम को तर्कसंगत बनाने का फैसला किया गया है उन्होंने कहा कि देश और दुनिया में असाधारण स्थिति है सीबीएसई को पाठ्यक्रम संशोधित करने और नौवीं से बारहवीं तक के छात्रों पर बोझ कम करने की सलाह दी गई है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने घोषण की है कि अब मास्टर ऑफ कम्प्यूटर एप्लिकेशन एमसीए का कोर्स दो वर्ष का होगा अभी यह कोर्स तीन वर्षो का है परिषद ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को एमसीए के पाठ्यक्रम की अवधि में संशोधित करने को कहा है इंटर में नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है छात्र शैक्षणिक सत्र दो हजार बीस बाईस में नामांकन के लिए सत्रह जुलाई तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से प्राप्त जानकारी के अनुसार कला वाणिज्य और विज्ञान संकाय मिलाकर कुल सोलह लाख तिरपन हजार से अधिक सीटों पर नामांकन लिया जायेगा छात्रों के लिए वसुधा केन्द्रों और जिला निबंधन केन्द्र पर आवेदन भरने की व्यवस्था की गयी है राज्य सरकार ने पहली से बारहवीं कक्षा तक स्कूलों के संचालन के लिए दो अलग अलग समिति गढित करने का निर्णय लिया है पहली से आठवीं कक्षा के लिए विद्यालय शिक्षा समिति होगी जबकि नौवीं से बारहवीं कक्षा तक के लिए विद्यालय प्रबंधन कमिटी गठित की जायेगी शिक्षा विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिलने वाले मध्याहन भोजन की राशि में बढ़ोतरी की है मध्याहन भोजन योजना के निदेशक कुमार रामानुज ने कहा कि पहली से पांचवीं तक के बच्चों को तीन सौ संतानवे और छठी से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को पांच सौ छियानवे रूपये की राशि उनके खातों में भेजी जायेगी यह राशि मई जून और जुलाई महीने के लिए दी जायेगी प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में मॉनसून सक्रिय है जिससे अच्छी बारिश हो रही है मौसम विभाग ने आज से पांच दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है विभाग ने पूर्वी चम्पारण शिवहर सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर समस्तीपुर मध्यबनी दरभंगा बेगूसराय खगड़िया बांका सुपौल सहरसा मधेपुरा और भागलपुर जिले में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है इसे लेकर प्रशासनिक सतर्कता बढ़ा दी गयी है इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक में भारी बारिश और बाढ़ की आशंका को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है उन्होंने जिलों में तैनात एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक संजय कुमार ने कहा कि मॉनसून की सक्रियता बढ़ने से राज्य में भारी बारिश के साथ ही वज्रपात की आशंका बनी हुई है इधर पिछले चौबीस घंटो के दौरान प्रदेशभर में वज्रपात से इक्कीस लोगों की मौत हो गयी बेगूसराय में सबसे अधिक सात लोगों की मौत हुई है राज्य सरकार ने मृतकों के आश्रितों को चार चार लाख रूपये सहायता राशि देने का निर्देश दिया है आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से बारिश के दौरान खुले में नहीं जाने की अपील की है इसके अलावा पानी वाली जगहों पर टेलिफोन या बिजली के खंभों और पेड़ के नीचे बारिश के दौरान खड़े होने से भी मना किया गया है इस दौरान मोबाईल फोन का उपयोग भी नहीं करना चाहिए विभाग ने अपने परामर्श में कहा है कि बारिश के दौरान लोगों को पक्के घरों में छिपने का प्रयास करना चाहिए लोगों से वजपात की पूर्व चेतावनी और पूर्वानुमान बताने वाले मोबाइल एप्लीकेशन इन्द्रवज् डाउनलोड करने की भी अपील की गयी है प्रदेश की प्रमुख नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है बागमती को छोड़कर सभी नदियां खतरे के निशान से नीचे बह रही है बागमती कटौंझा में खतरे के निशान से तिरपन सेंटीमीटर और ढ़ेंग में तैंतीस सेंटीमीटर ऊपर बह रही है जबकि कमला बलान और महानदी खतरे के निशान से नीचे बह रही है गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है अधवारा समूह की नदियां भी खतरे के निशान से नीचे हैं आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रदेश में बाढ़ की आशंका को देखते हये खोज और बचाव के कार्यों में ड्रोन का उपयोग करने का निर्णय किया विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी जिलाधिकारी और प्रमंडलीस आयुक्तों को इस संबंध में निर्देश दिया है उन्होंने कहा कि ड्रोन के इस्तेमाल से बाढ़ के दौरान दूर दराज के इलाकों में राहत और बचाव कार्यों में तेजी आयेगी उधर जल संसाधन विभाग ने भी कमला बलान गंगा और कोसी नदी पर बने मुख्य बांधों की निगरानी के लिए ड्रोनों की तैनाती का निर्णय लिया है विभाग के सचिव संजीव हंस ने बताया कि इसके साथ इंजीनियरों की मोबाईल टीम भी बांधों की लगातार निगरानी करेगी समस्तीपुर रेल मंडल के मंडल सुरक्षा आयुक्त अंशुमान त्रिपाठी ने कहा है कि निर्मली में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नया चेक पोस्ट बनाया जायेगा इसके लिये आरपीएफ की ओर से रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भी भेज दिया गया है उन्होंने कहा कि समस्तीपुर रेल मंडल में सुरक्षा और संरक्षा को लेकर यह निर्णय लिया गया है डीआरआई की टीम ने पटना गया रोड पर एक कन्टेनर से नौ सौ सैंतीस किलो गांजा के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है बरामद गांजे की कीमत एक करोड़ चालीस लाख आंकी गयी है उधर गया जिले के बाराचट्टी थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक घर से एक करोड़ रूपये मूल्य की हेरोईन जब्त की है खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र के ठाठा गांव से पूलिस ने एक ट्रक से एक सौ उनचास कार्टन विदेशी शराब बरामद की है ट्रक के चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है पूर्वी चंपारण जिले के कोटवा थाना क्षेत्र से उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक से भारी मात्रा में शराब जब्त की है दरभंगा जिले में अलग अलग जगहों पर ड्रबने की घटनाओं में पांच लोगों की मौत हो गयी पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया थाना क्षेत्र में ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गयी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 हिन्दुस्तान ने प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को सुर्खी बनाते हुये लिखा है छत्तीस एम्बुलेंस कर्मचारी समेत सत्तर स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित दैनिक जागरण प्लाज्मा थेरेपी से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखता है एम्स में पहली प्लाज्मा थेरेपी के पॉजिटिव परिणाम प्रभात खबर ने मास्क और सैनेटाइजर के आवश्यक वस्तु से बाहर होने की खबर को प्राथमिकता से प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर ने सेना में महिला अफसरों को स्थायी कमिशन के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से केन्द्र सरकार को एक महीने का समय दिये जाने की खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है आज अखबार ने भारत चीन विवाद से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुये लिखा है भारत अर्थिक मोर्चों पर अब चीन को देगा नया झटका और अब अंत में मुख्य समाचार प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भतीजी कोरोना पॉजिटिव पायी गयी

मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग को हाई अलर्ट पर रहने को कहा